अब समाचार विस्तार से सामान्य आरक्षण देश के लगभग चालीस हजार महाविद्यालयों और नौ सौ विश्वविद्यालयों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था इसी वर्ष से लागू कर दी जाएगी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की

उन्होंने बताया कि मंत्रालय विश्व विद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक सप्ताह के अंदर इस आशय के आदेश जारी कर देंगे किसान ऋण मुक्ति योजना प्रदेश में जय किसान ऋण मुक्ति योजना की कल भोपाल से शुरूआत हुई मुख्यमंत्री कमलनाथ ने योजना का शुभारंभ किया

योजना की शुरूआत करते हुये मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कहा कि यह ऋण माफी प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक निवेश है उन्होंने कहा कि किसानों को साहकारों द्वारा दिये जाने वाले कर्ज को माफ करने की प्रक्रिया पर भी विचार किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि हमें अपने वर्किंग कल्वर को नया मोड़ देना है इसकी शुरूआत प्रदेश सरकार ने आज से कर दी है कल से किसानों से आवेदन लिये जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है

सागर जिले में प्रदेश राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने एक कार्यक्रम में किसानों के फार्म भरकर जय किसान ऋण मुक्ति योजना की शुरूआत की वहीं मुरैना में खाद्य मंत्री प्रद्यमन सिंह ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ किया गुना जिले के सिरसी टकनेरा और बरखेड़ा गिर्द में मुख्यमंत्री फसल ऋण योजना के अंतर्गत आयोजित किये गये शिविरों में प्रदेश के श्रममंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया शामिल हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए नया सबेरा लेकर आई है वहीं राघौवगढ़ में आयोजित किसान सम्मेलन में प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वचनपत्र के आधार पर प्रदेश में कर्जमाफी की प्रकिया शुरू कर दी है उन्होंने कहा कि सरपंच सचिव और रोजगार सहायकों एवं सभी प्रतिनिधियों को दायित्व है कि वे दस दिन के भीतर फार्म भरवाने की प्रकिया को जिम्मेदारी से पूरा करें उधर दमोह जिले में आयोजित शिविरों में ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव शामिल हुए भिंड में फसले ऋण माफी योजना की शुरूआत सहकारिता मंत्री डॉ गोविंदसिंह ने की इस कार्यकम में स्थानीय सांसद डॉक्टर भागीरथ प्रसाद क्षेत्रीय विधायक संजीव सिंह कुशवाहा सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए उधर बड़वानी जिले के राजपुर में आयोजित किसान सम्मेलन में गृहमंत्री बालाबच्चन ने योजना की शुरूआत की इस दौरान उन्होंने किसानों से अपने फसल ऋण खाते से आधार कार्ड को जुड़वाने की अपील की बैतूल में भी कल फसल ऋण माफी योजना की शुरूआत पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल की मौजूदगी में हई इस दौरान एक संगोष्ठी में मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना पर चर्चा भी की गई

योजना के अंतर्गत हरी और सफेद सूचियों का प्रदर्शन कार्य शुरू हुआ देवास में लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने योजना की शुरूआत की मीजल्स रूबेला टीकाकरण प्रदेश में कल से मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने कल इस अभियान की शुरूआत की इस दौरान स्थानीय भण्डारी पब्लिक स्कूल पहॅचकर उन्होंने अपनी बेटी को टीका लगवाया

उधर भिंड जिले में भी कल इस अभियान की शुरूआत हुई

पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल में आज विशेष अभियान की शुरूआत हो रही है जिसके तहत शहर में आवारा तरीके से घूमते निराश्रित गाय बैल को पकड़कर गौ शाला में रखा जायेगा भोपाल नगर में पाँच हजार से अधिक निराश्रित गाय बैल को गौ शाला में विस्थापित किया जायेगा पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने पिछले दिनों इस अभियान के निर्देश दिये थे मंत्री श्री यादव के मुताबिक प्रदेश में निराश्रित गौ वंश का यूआईडी टैग से पंजीयन किया जा रहा है सबसे पहले हाई वे के आसपास के क्षेत्र के ग्रामों में गौ शाला खोले जायेंगे

उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान अगर निराश्रित गाय बैल मिलते हैं तो क्षेत्र के संबंधित जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी

इसी बैच के अधिकारी और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष रजनीश बैस को तबादला भी आदिवासी अनुसंधान में कर दिया गया है पहली बार भोपाल कमिश्नर पद की कमान महिला आईएसएस अधिकारी कल्पना श्रीवास्तव को सौंपी गई है सुधीर रंजन मोहंती के मुख्य सचिव बनने के बाद से मंत्रालय स्तर पर बड़े बदलाव की संभावना थी इसी सप्ताह शुरू होने वाली आईएएस सर्विस मीट से पहले सरकार ने बदलाव कर ब्यूरोकेसी को संदेश देने की कोशिश भी की है कमलनाथ आपसी एकता मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि आपसी एकता साम्प्रदायिक शांति और भाईचारा ही भारतीय संस्कृति की नींव है उन्होंने कहा कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां इतनी विशाल विविधताये हैं जातियाँ भाषाएँ तीज त्यौहार हैं इनके बावजूद आपस में एकता है मुख्यमंत्री कल भोपाल में हज यात्रियों के क्रआ अंदाजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हज जाने वाले श्रद्वालुओं को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय समाज में भिन्नताएँ होने के बावजूद भारत देश तिरंगे के नीचे एकता में बंधा खड़ा है उन्होंने कहा कि हज के लिये सीधी हवाई सेवा शुरू करवाने का पूरा प्रयास किया जायेगा वो इसके लिए केन्द्र सरकार से भी आग्रह करेंगे वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील ने भोपाल से हज के लिये सीधे हवाई सेवा की आवश्यकता बताते हुए कहा कि जितने लोग हज पर जाना चाहते हैं उन्हें मौका मिलना चाहिये मुख्यमंत्री संवेदना नरसिंहपुर जिले के समनापुर में नर्मदा नदी से स्नान कर वापस लौट रहे ग्रामीणों से भरी ट्रेक्टर ट्राली पलट गई इस दुघर्टना में दो महिलाओं और एक बच्चे सहित चार लोगों की मृत्यु हो गयी

मुख्यमंत्री कमल नाथ दुर्घटना के पीड़ितो के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है मौसम प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में है कल ग्वालियर और शहडोल संभागों के कई जिलों में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई वहीं होशंगाबाद और इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान ग्वालियर दतिया खजुराहो और नौगांव में दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम विभाग ने आज छतरपुर पन्ना रीवा सतना सिंगरौली उमरिया बालाघाट ग्वालियर और दतिया जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है